अंतर्राज्यीय जल समझौतो के तहत चंडीगढ में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे है हिस्सा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि ने टिड़डी नियंत्रण को लेकर पाकिस्तान को दी चेतावनी कहा नियंत्रण के लिये करें पुख्ता इंतजाम

वस्तु और सेवाकरे जीएसटी परिषद की आज होने वाली बैठक से पहले केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये घोषणाएं की

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ नई दिल्ली में हई बैठक के बाद ये जानकारी दी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की घोषणा के खिलाफ बैंककर्मियों की प्रस्तावित हडताल के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि हम उनकी चिंताओं का समाधान करेंगे

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जम्मू कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान के प्रस्ताव को किसी भी देश का समर्थन नहीं मिला

इससे अंतर्राष्ट्रीय समृदाय में पाकिस्तान के अलग थलग पड गया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत के स्थाई मिशन में प्रथम सचिव कुमाम मिनी देवी ने पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए उसकी कड़ी आलोचना की उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर भारत का फैसला पूरी तरह से उसका आंतरिक मामला है और पाकिस्तान वास्तविकताओं को तोड़ मरोड़कर पेश करने की कोशिश कर रहा है

आयोजक टेक्सास इंडिया फोरम ने कहा है कि यह पोप के बाद अमरीका में आमंत्रित किसी विदेशी नेता के लिए अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा

श्री गहलोत बैठक में अर्न्तराज्यीय जल समझौतों के तहत राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी छोड़े जाने राजस्थान की नहरों में प्रवाहित प्रद्रषित जल पर नियंत्रण करने रोपड़ हरिके और फिरोजपुर हैडवर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड को हस्तान्तरित करने सहित विभिन्न मुद्दों पर राज्यहित में चर्चा करेंगे

इसका निर्धारण आज चंडीगढ़ में हई भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक में किया गया

उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से लापरवाही बरती गई तो अक्टूबर में इसका खामियाजा भी भुगततना पडेगा क्योंकि हवा की दिशा बदलने के साथ ही ये टिड़डी वापस पाकिस्तान की ओर रूख करेगी इस दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों ने अल्पसंसाधनों के बारे में जानकारी दी जिस पर यूएनओ प्रतिनिधि ने उन्हें मदद देने का भरोसा दिलाया

राज्य आपदा राहत विभाग की संयुक्त सचिव कल्पना अग्रवाल ने आकाशवाणी को बताया कि राहत और बचाव कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी